स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

कोविड महामारी को देखते हूए कार्यक्रम के इस संस्करण का आयोजन वर्च्अल रूप में किया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव म्क्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा की एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं माता पिता और शिक्षकों के साथ नये फॉरमेट में यादगार परिचर्चा होने की आशा है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस दौरान कई दिलचस्प सवाल सामने आयेंगे शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में मदद मिलेगी हमारे संवाददाता ने ख़बर दी है कि परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक एग्जाम वारियर अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त महौल तैयार करना है

प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार आय्ष्मान भारत और प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित कई उपाय कर रही है ताकि लोगों की उच्च ग्णवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहंच स्निश्चित हो सके

राजभनव में वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग उद्योग खादी और ग्रामोद्योग वोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राज्यपाल ने राज्य में मध्मक्खी पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन देते हए स्थानीय लोगो को प्रशिक्षण देने को कहा राज्यपाल ने स्टोरेज प्रसंस्करण और मध्मक्खी पालन से प्राप्त होने वाले उत्पादो की मार्केटिंग के अलावा महिलाओं को स्व सहायता सम्ह बनाकर उपय्क्त स्थानों पर इस व्यवसाय को श्रु करने के लिए उन्हें जरुरी सहायता प्रदान करने को कहा

सरकार के कोरोना टीकाकरण अभियान का सकारात्मक असर दिखने लगा है टीकाकरण के पात्र लोग स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर कोविड टीकाकरण करा रहें है

मोपिन फेस्टिवल राज्य का गालो जनजाति का कृषि आधारित त्यौहार है द्रपै गांव में हए इस कार्यक्रम में विधायक रोदे बुई और कारदो निग्योर एवं जिले के उपाय्क्त और प्लिस अधीक्षक ने भी हिस्सा लिया कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगो को मोपिन फेस्टिवल की श्भकामनाएं दी और केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकारों दवारा किए जा रहे विकास कार्यों से अवगत कराया इधर वेस्ट सियांग के आलो में मोपिन सेलेब्रेशन में भाग लेते हए म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पारंपरिक रस्म के बिना मोपिन हमेशा अध्रे रहेंगे उन्होंने कहा कि परंपराओ को जाने बिना पारंपरिक पोशाक पहनना और मातृभाषा में बात नही कर पाना स्थानीय संस्कृति और भाषाओं का अपमान है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अपने एक फैसले में कहा कि सडक पर चलने वाले निजी वाहन भी सार्वजनिक स्थल की परिभाषा में आते हैं